वे कल सुबह अजमेर पहुंचेंगे जहां से वे पृष्कर जाएंगे और ब्रहमा मंदिर में दर्शन करेंगे इसके बाद प्रधानमंत्री अजमेर में होने वाली एक विशाल जनसभा को सम्बोधित करेंगे प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने व्यापक तैयारियां की है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल ने बताया कि प्रधानमंत्री की सभा में शामिल होने के लिए प्रदेशमर से भारी संख्या में कार्यकर्ता अजमेर पहंचेंगे

प्रधानमंत्री कल शाम को प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी के सदस्यों सांसदों विघायकों और जिला अध्यक्षों की बैठक भी लेंगे

वे मरतपुर संभाग का दौरा करने के अलावा बीकानेर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे

उन्होंने रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन के साथ आज नई दिल्ली में हुई द्विपक्षीय वार्ता के दौरान यह जानकारी दी

रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने महंगाई के पुर्वानुमान को संशोधित किया है

इसके साथ ही रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने इस बार नीतिगत दरो में कोई बदलाव नहीं करने की घोषणा की है

पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री राजेन्द्र राठौड ने आज मेडिकल कॉलेज भवन का लोकार्पण किया

चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण सराफ ने जयपुर में इसका शुभारंभ किया

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों के सहयोग से अभियान के सार्थक परिणाम आएंगे

हमारे संवाददाता ने बताया कि दौसा जिले से गुजरने वाले राजमार्ग पर निर्माण और सीसी सड़क के बनने से यातायात सुरक्षित और सुगम हो गया है

हमारे हनुमानगढ संवाददाता ने बताया कि अब जिले के किसानों को उनके जमीन संबंधी दस्तावेज ऑनलाइन मिल सकेंगे

इसी तरह ब्यूरो ने चित्तोड़गढ की रावतभाटा तहसील के मैसरोगढ में हल्का पटवारी ज्योति चौरसिया को दस हजार रूपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा

नागौर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सेक्टर अधिकारियों को दो दिन का चुनाव प्रशिक्षण आज सम्पन्न हुआ